उन्होंने कसौली अर्की और सोलन विधानसभा क्षेत्र में कई सौगातें दीं इस दौरान परवाणु से स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल अर्की और सोलन से ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे राजीव सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने करोड़ों रूपये की जो सौगातें ज़िला सोलन को दी हैं उससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज़िले के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साथ लेकर काम कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है और उन क्षेत्रों में भी समान विकास किया है जहां से कांग्रेस के विधायक जीतकर आए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रकिया है और राज्य सरकार हर क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है

इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे

वे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के साथ रूसा के अंतर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाओं का सुजन किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तायुक्त कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रदेश के युवाओं से भारतीय सेना के वीर जवानों के जीवन से अनुशासन समर्पण और प्रतिबद्धता की सीख लेने का आहवान किया है

राकेश पठानिया ने सौरभ वन विहार का दौरा कर वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए भाजपा प्रदेश प्रभारी भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि भाजपा संगठन और सरकार किसानों की खुशहाली के लिए पूरी तरह से समर्पित है उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसान कैडिट कार्ड जैसी स्वर्ण योजना लाने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने कहा कि इससे किसानों का मान सम्मान बढ़ा है और कृषि से जुड़ी खरीददारी करने में किसानों को बड़ा फायदा मिला है